उन्होंने बताया कि इस मामले में एसओजी भी कार्यवाही कर रही है और मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने इस मामले में विधानसभा में चर्चा करवाने का प्रस्ताव दिया इस मामले में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केवल मुकदमे करने से काम नहीं चलेगा ऐसी सोसाइटीयों की प्रोपर्टी जब्त कर उसे निलाम की जाये और वह राशि पीड़ित उपभोक्तओं को बांटी जाये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कोविड की स्थिति और टीकाकरण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी

केन्द्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकार से संबंधित लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटा ली है इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाएं शामिल हैं पहले क्छ ही निजी बैंकों को इस तरह के लेन देन करने की अनुमति थी सरकार के इस कदम से निजी बैंकों के ग्राहकों को सुविधा होगी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बर्देगी और ग्राहक सेवा तथा दक्षता में सुधार होगा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तेज किया जाए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिये हैं भारतीय रेल ने स्पष्ट किया है कि लोगों को अनावश्यक यात्राओं से रोकने और रेलगाड़ियों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से कम दूरी की यात्राओं के किराए में मामूली वृद्वि की गई है ये किराए मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में अनारक्षित यात्रा के लिए तय किए गए हैं इसमें कम दूरी का भी ध्यान रखा गया है कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों के अचानक बढ़ने पर रेलवे ने कहा कि किरायों में हल्की वृद्धि को जरूरी उपाय के रूप में देखा गया है महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रम राशि भुगतान में बूंदी जिला प्रदेश में अव्वल है मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग के निर्देश के अनुसार श्रमिकों की मस्टररोल पखवाड़ा समाप्ति के आठ दिन में श्रम राशि का भुगतान करना होता है जिले में नियत समय पर ये राशि श्रमिकों को दी जा रही है जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव में आज दूसरे दिन सोनार किले से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई

इनमे साफा बांधो मूमल महेंद्रा मूंछ प्रतियोगिता मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता मुख्य है

प्रदेश में गर्मी के असर में बढ़ोतरी जारी है